प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्ण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनायेंगे

उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सवोपरि है श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं बाइट एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा मानवता के कल्याण की बात होगी दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन तीन शब्दों व्यष्टि से सबस्विकी यात्रा व्यक्त होती है स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है हमारे यहां कहा गया है स्वदे से पूज्यपते राजा स्वदे से प्रज्यते राजा विद्वान सर्वत्र प्रज्यते अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सिमित सम्मान ही मिल सकता है जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है दीनदयाल जी इस विचार के साक्षात जीता जागता उदाहरण हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा एक नया दृष्टिकोण मिलता है बाइट हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं बोलते हैं सुनते हैं उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं हमें उनकी बातों में उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी एक नया द्रष्टिकोण एक नवीनता का अनुभव होता है उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज हैं श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश आत्म निर्भर भारत के विचार से अवगत है

श्री मोदी ने पार्टी सांसदों को आम आदमो से जुड़ने के लिए नमो एप इस्तेमाल करने को कहा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में उच्चतम मानदंडा का पालन करते थे वे एक कुशल संगठनकर्ता एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा के प्रणेता थे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचारों से पार्टी और समाज को हमेशा परणा मिली है उनसे प्रेरणा लेकर ही सरकार हर वर्ग तक विकास की योजनाएं पहुंचा पा रही है कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलते हुए समाज क अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जनहित की योजनाओं को पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है इस अवसर पर चन्दौली के पड़ाव पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति उपवन एवं संग्रहालय में भाजपा प्रदश उपाध्यक्ष सलिल विश्नोई के नेतृत्व में कायकर्ताओं ने पंडित दीन दयाल को श्रद्वाजंलि दी और समाज व देश के प्रति समर्पण का संकल्प लिया प्रदेश के मऊ सहित कई अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में स्वामित्व योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्ग दर्शन में संचालित यह योजना ग्रामीण जीवन में व्यापक बदलाव लान में सक्षम है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आम जनता को उनकी आवासीय सम्पत्ति के प्रपत्र उपलब्ध कराने में स्वामित्व योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रही है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

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के खिलाफ कडो कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाये जायेंगे अथवा फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाये जायेंगे राज्यसभा में आज ट्वीटर फेसब्रक व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन का नाम लेते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इन प्लेटफार्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी सोशल मीडिया के दुरूपयोग के बारे में श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया ने आम आदमी को सशक्त किया है और यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है लेकिन बदला लेने तथा आपात्तिजनक सामग्री को परोसना स्वीकार्य नहीं है रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केन्द्र ने सरकारी नीतियों आर गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं प्रयागराज में त्रिवेणी के सगम पर आज मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई माघ मेले में लोगों ने दान कर पूजा अर्चना की संगम में श्रद्धालुओं पर आसमान से हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर लोगों को बधाई दी है

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर अयोध्या चित्रकूट मथुरा बलरामपुर कुशीनगर पीलीभीत और फर्रूखाबाद सहित अनेक स्थानों पर भी श्रद्धालुओं ने मौन व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान किया

उन्होंने कहा कि संक्रमण की दर में उल्लेखनीय कमी के बावजूद कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिये प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्य सुचारू ढंग से सम्पन्न हो रहा है

इस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाये

समाप्त